वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तमाल की जाती हैं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त प्रंजी की जरूरत है उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारिया के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये फैसले समय से हुए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं

उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं यह चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है

डिस्पैच औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि जहां एक ओर मार्च और अप्रैल के महीने में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन सबसे कम रहा वही लॉक डाउन के दूसरे फेस के बाद से काम फिर से शुरू हो गया है और यह इन इकाइयों को होने वाली बिजली आपूर्ति के आंकड़े से भी स्पष्ट हो जाता है

उन्हाने निर्देश दिए कि इसी प्रकार आने वाले समय में भी प्रत्येक प्रवासी कामगार श्रमिक को सुरक्षित उनके गृह जनपद में उनके घर तक पहुंचाया जाए मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज अपने घर पर ही पढने की अपील की है इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सभी धर्मगुरूओं से निरंतर संवाद बनाने रखने को कहा है अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अड़तीस हजार से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और जुर्माना वसूला गया है श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक तेरह लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाया गया है उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके घर पर ही क्वारंटीन की व्यवस्था की गयी है उन्होंन बताया कि श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है वेबसाइट में श्रमिकों के कौशल के अनुसार उनका डाटा दर्ज किया जायेगा आवश्यकता पड़ने पर इंडस्ट्री में उन्हें रोजगार मुहैया कराया जायेगा प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का कल मुरादाबाद में हृदय गति रुकने से निधन हो गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि करीब पांच महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट सितम्बर से फिर खुल जायेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के वजह से हुनर हाट बंद पडे थे और अब लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ इन्हें फिर से खोला जायेगा और अधिक संख्या में हस्तशिल्पी तथा दस्तकार इनमें हिस्सा लेंगे श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट आम लोगों के सशक्तीकरण का माध्यम बन गये हैं और देश भर में पांच लाख से अधिक दस्तकारों हस्तशिल्पियों खानपान विशेषज्ञों और अन्य लोगों को पिछले पांच सालों में इनसे रोजगार मिला है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

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस सीआईएससीई ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण स्थगित दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं एक से चौदह जुलाई तक आयोजित की जाएंगी आइसीएसई बोर्ड के अनुसार बारहवों कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा दो से बारह जुलाई तक और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं एक से चौदह जुलाई तक आयोजित की जायेंगी परीक्षा केन्द्रों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन जरूरी होगा विद्यार्थियों के लिए सनटाइजर लाना और मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा राज्य सरकार और निगमों के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे प्रदश सरकार ने एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू करते हुए छह महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी है इस दौरान कर्मचारी बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं हड़ताल कर कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक साल तक की सजा अथवा जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है

टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं आरिक्षत टिकट सामान्य सेवा केन्द्रों डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर यात्री सुविधा केन्द्र और आई आर सी टी सी के अधिकृत एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थियों तक अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके और कोई व्यक्ति भूखा न रहे श्री पासवान ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रियों और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने तथा गरीबों और प्रवासी श्रमिकों के बीच दालों और अनाजों के वितरण के लिए राज्यों की सराहना की केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा आर्थिक सहायता भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है

देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है दो हजार टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाया जा चुका है

इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खातों में एक हजार करोड़ रुपये वितरित किये गए

उन्होंने बोड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है